न्यायालय में इन याचिकाओं पर आज सुनवाई होगी याचिकाओं में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यिारी के फैसले को असंवैधानिक और गैर कानूनी बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की गई है इन दलों ने अपनी याचिका में शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के गठनबंधन को राज्य में सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने की मांग की है याचिकाकर्ताओं ने विधायको की खरीद फरोख्त रोकने के लिए तत्काल विधानसभा में शक्ति परीक्षण कराने की भी याचना की है

इस बीच एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री अजीत पंवार को पार्टी के विधायक दल के नेता पद से हटा दिया है पार्टी ने वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष जयन्त पाटिल को विधायक दल का नेता नियुक्त किया है वहीं दूसरी ओर आज मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी अपने विधायकों को सम्बोधित करेंगे भरतपुर की रूपबास नगरपालिका में अध्यक्ष का निर्विरोध चुनाव जीतने वाली बबीता खितोलिया कांग्रेस में शामिल हो गई है चिकित्सा राज्य मंत्री डॉ सुभाष गर्ग और भजन जाटव ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई बबीता ने भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नगर पालिका अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना नामांकन दाखिल किया था लेकिन नाम वापसी के दिन कल दो प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने पर बबीता को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया निर्वाचन की शपथ लेने के क्छ देर बाद ही बबीता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्यपालों से नागरिकों के संवैधानिक कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से जुड़े सेवा पहलुओं को उजागर करने का आग्रह किया प्रधानमंत्री ने राज्यपालों से मौजूदा योजनाओं और पहलों का इस्तेमाल करते हुए समाज के वंचित वर्ग के कल्याण के लिए काम करने का आग्रह किया राष्ट्रपति भवन में राज्यपालों के पचासवें सम्मेलन में श्री मोदी ने राज्यपालों और उपराज्यपालों से आम जनता की शिकायतों पर ध्यान देने का आग्रह किया

ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क पर प्रसारित किया जायेगा

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में सड़क सम्बन्धी समस्याओं के समाधान से जुड़े सुझाव देने के लिए पांच सदस्यीय मंत्री समृह गठित किया है

द्र्घटनाओं की इन गंभीर समस्या के समाधान के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री ने इस वर्ष के बजट में मंत्रियों का एक समूह गठित करने की घोषणा की थी